इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मंदिर खोलना जनस्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है मुख्यमंत्री ने कल यह जानकारी पण्डा धर्मरक्षिणी सभा देवघर के प्रतिनिधि मंडल को दी इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि श्रावणी मेले में लाखों श्रद्वालु जुटते हैं अगर इन परिस्थितियों में भी मेले का आयोजन किया जाता है तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है इसलिए राज्य सरकार ने इस मेले के आयोजन को स्थगित करने का फैसला किया है

जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कल संख्या दो हजार पांच सौ पच्चीस हो गई है वहीं कल सैंतालीस लोग स्वस्थ हए जिन्हें अस्पताल से छटटी दी गई अब तक क्ल एक हजार नौ सौ एकतीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि पांच सौ उनासी मरीजों का इलाज जारी है कल पूर्वी सिहंमूम जिले से सबसे अधिक आठ मरीज धनबाद से छह हजारीबाग से पांच गढ़वा से चार पाक्ड रांची और साहेबगंज से दो दो मरीजों की पुष्टि हुई वहीं बोकारो दुमका गोड्डा गुमला लातेहार और खूंटी से एक एक मरीज मिले इधर राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है

प्रशासन ने मुहल्ले को कंटेनमेंट जोन बना दिया है और लोगों से अपने घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गयी है

सरिया अनुमंडल में आवेदन लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है

इस पैकेज में समाज के सभी वर्गों के लिए मदद का प्रावधान है सरिया प्रखंड के दुकानदारों को जानकारी मिली कि सरकार दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता लोन के तौर पर उपलब्ध करा रही है

इन्हें सस्ते व्याज दर पर बैंकों से लोन दिलाया जाएगा

इस अमियान के तहत देश के एक सौ सोलह जिलों में झारखंड के तीन जिलों हजारीबाग गोड्डा व गिरिडीह में भी इस योजना की शुरूआत की गयी है

जिन्हें हर हाल में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा मुख्य सचिव ने तीनों जिलों के उपायुक्तों उप विकास आयुक्तों और विभागीय पदाधिकारियों को केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिषा में कार्रवाई तेज करने को कहा है

पोर्टल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार रेरा को पोर्टल का ऑनलाइन उदघाटन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के जरिये रियल एस्टेट से जुड़े मामलों के निबटारे में पारदर्शिता के साथ तेजी आयेगी वहीं रेरा के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस पोर्टल से रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी इसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती है इस पोर्टल पर रियल एस्टेट के निबंधित प्रोजेक्ट्स की पूरी सूची उपलब्ध होगी इससे उपभोक्ता अपने आप को बिल्डर्स द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचा सकेंगे इससे बिल्डर्स ग्राहकों और बैंकों को भी अपने से संबंधित कार्यो के निष्पादन में काफी सहूलियत हो जाएगी बिल्डर्स और उपभोक्ताओं के बीच विवादों की निगरानी करना भी काफी आसान हो जाएगा

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने झारखंड में शिक्षा खेल स्वास्थ्य खनन समेत विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा जतायी है उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास की काफी संभावनाएं हैं और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों की टीम यहां कार्य करने की इच्छुक है मुख्यमंत्री ने उच्चायुक्त से कहा कि उनका यहां स्वागत है और सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के उच्चायक्त ने मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी

सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थिर्यों को अपने प्रमाण पत्रों को लेकर प्रोजेक्ट भवन के सभागार में लाने को कहा गया है कार्मिक विभाग ने अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित भी कर दी है और इनके प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी

सभी चयनित अभ्यर्थियों को कहा गया है कि विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित इस आवश्यक शपथपत्र को उपलब्ध करायेंगे कि उनके द्वारा दिए गये प्रमाण पत्र सही हैं स्पेषल स्टोरी दुमका दमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकिनाथ मंदिर के पुरोहितों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याए बतायी और मंदिर से जुर्डे लोगों की आर्थिक समस्याओं के निवारण की गुहार लगायी

आज दो जुलाई से राज्य में मॉनसून की सक्रियता बढ़ेगी इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही वजपात की चेतावनी जारी की गई है रांची मौसम विभाग के निदेशक डॉ एसडी कोटाल ने कहा कि जून में झारखंड में मॉनसून सामान्य रहा है

दो जुलाई से राज्य में मानसून सक्रिय होगा और राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी तीन और चार जुलाई तक राज्य की सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है वहीं विभाग के अनुसार पिछले अड़तालीस घंटे में मॉनसून कमजोर रहा राज्य के कुछ हिस्सों में ही बारिश हुई

मृतक मेराल थाना के ओखड़गाड़ा गांव का रहनेवाला था सभी घायलों को इलाज के लिये गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है गोड्डा जिले के महागामा में नया नगर विद्युत सबस्टेशन बनकर तैयार है

अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाषित किया है आज प्रकाषित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रेलवे की ओर से एक सौ नौ जोड़ी निजी ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को अपने पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाषित किया है दैनिक भास्कर और हिन्दुस्तान लिखता है रेलवे ने सोलह कोच वाली एक सौ नौ जोड़ी निजी ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव मंगाए एक सौ इक्यावन नई ट्रेने आएगी वहीं प्रभात खबर ने इन ट्रेनों में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने की बात को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने लददाख में जारी तनाव के बीच सड़क निर्माण से चीनी कंपनियों को बाहर करने के केन्द्र के निर्णय को अपनी पहली सुर्खी बनाया है अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर की गई द्विपक्षीय वार्ता की खबर को प्रमुखता से प्रकाषित किया है